राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए गुह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हए यह आदेश दिये गये हैं

गत ग्रुवार को हुई आग द्र्घटना में एक पांच वर्षीय बच्ची सहित दो व्यक्तियो की मृत्य् और एक सौ चौदह घर जलकर नष्ट हो गए थे दौरे के दौरान मंत्री ने तत्काल राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को एक एक लाख रुपया प्रदान किया इस बीच उप म्ख्यमंत्री चउना मैन ने पंद्रह लाख रुपए दान करने के अलावा सी जी आई शीट की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा पचास लाख रुपए जारी करने की भी घोषणा की वही सांसद तापिर गाव ने आवश्यक सामग्रियों की खरीद के लिए दस लाख रुपए देने की घोषणा की है

इन पदो के लिए लगभग पचीस हजार सात सौ इकत्तीस उम्मीदवारों ने आवेदन भरा है राज्यभर के ग्यारह जिलों के इकसठ केंद्रों में कल इन पदो के लिए परीक्षा आयोजित होगी सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त स्रक्षा की भी व्यवस्था की गई है इसके अलावा परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने को स्निश्चित करने के लिए बोर्ड ने चौदह प्रेक्षकों अद्वारह समन्वयक ग्यारह जिला अधीक्षक ग्यारह नोडल अधिकारी अड़सठ केंद्र अधीक्षक और दो हजार चार सौ छब्बीस निरीक्षको सहित कार्यकारिणी मजिस्ट्रेड और फ्लाईंग स्क्वाड को नामित किया गया है

राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग और अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी के रुप में नामित किया है यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उनके समूह के तहत स्व सहायता समूहो के माध्यम से किया जाएगा

वी डी वी के खरीद मूल्य संवर्घन और विपणन के लिए एक स्टार्टअप स्तर केंद्र होगा

समारोह को संबोधित करते हए श्री डाग्डम ने कहा कि वांगचो सम्दाय की वूडक्राफ्ट परिधानो और अन्य पारंपरिक वस्त्ओ को दर्शाती यह संग्रहालय य्वा पीढ़ी को अपनी परंपरा को जानने में काफी मदद करेगी उन्होंने लोगो से अपनी जनजातीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने की अपील की उन्होंने समाज के सभी वर्गो से जनजातीय पहचान की स्रक्षा और अपनी प्रानी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करने का आग्रह किया

लोहित जिला उपाय्क्त एम सोरा के दिशानिर्देशो के तहत एंटी नारकोटिक ने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया है अभियान के दौरान खादो त्रुंग वन संरक्षण मेदो मानय्लियांग मेकेटलियांग और वाकरो गांव के निकट में करीब एक हजार नौ सौ तीन हेक्टेयर की पॉपी की अवैध खेती को नष्ट किया है

इससे पहले भी ग्रुवार को अरुणाचल टीम ने हिमाचल प्रदेश को सात शून्य से हराया था अरुणाचल ने अब तक तीन मैचे खेली है जिसमें से दो में जीत हासिल की और दिल्ली के खिलाफ अपनी मैच हारी है हॉकी अरुणाचल अधिकारी ने कहा कि गोल में भिन्नता के कारण अरुणाचल क्वाटर फाईनल राउंड में नही खेल सकेगी

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस डिग्री सेस्लियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया